उन्होंने कहा कि इस पैकेज से देश के हर वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत की आत्मनिर्भरता अर्थव्यवस्था ढांचागत क्षेत्र जनसांख्यिकी और मांग पर आधारित होगी प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिये आवश्यक है

वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा कल घोषित बीस लाख करोड़ रूपये के राहत पैकेज के बारे में विस्तार से जानकारी दी यह पैकेज देश के सकल घरेलू उत्पाद का दस प्रतिशत है और इससे कूटीर उद्योग स्क्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा मध्य वर्ग तथा उद्योग जगत सहित विभिन्न वर्गो को लाभ मिलेगा वित्तमंत्री ने बताया कि इस पैकेज में पन्द्रह उपाय शामिल है जिनमें से छह उपाय कुटीर उद्योग और सूक्ष्म लघू मध्यम उद्योगों के लिये हैं उन्होंने बताया कि इन उद्योगों में जान फूंकने के लिये तीन लाख करोड़ रूपये का बिना गारंटी वाला ऋण दिया जायेगा जो चार साल के लिये होगा पहले साल ब्याज नहीं चुकाना होगा जिससे पैंतालीस लाख इकाइयों को सीधा लाभ मिलेगा और सौ करोड़ रूपये तक के टर्न ओवर वाली फर्मो को भी लाभ मिलेगा

अब छोटे उद्योगों में उत्पादन और सेवा क्षेत्र का भेद समाप्त करके इसे नई तरह से परिभाषित किया गया है अच्छा काम कर रहे हैं लघु उद्योगों के लिये पचास हजार करोड़ रूपये की इक्विटी की भी व्यवस्था की जा रही है पत्रकार वार्ता को वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी संबोधित किया

उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक पैकेज के जरिए प्रधानमंत्री ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम ग्राम और कूटीर उद्योग क्षेत्र की आकांक्षाएं और जरूरतें पूरी की हैं सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि यह पैकेज अब तक का सबसे बडा पैकेज है एक टवीट में श्री जावडेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता का नया मंत्र दिया है कई मुख्यमंत्रियों ने इस आर्थिक पैकेज का स्वागत किया भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंध फिक्की और भारतीय वाणिज्य तथा उद्याग मंडल एसोचैम ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आर्थिक पैकेज का स्वागत किया है भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने आर्थिक पैकेज की सराहना की और कहा कि आर्थिक विकास को पूनः पटरी पर लाने के लिये यह बेहतर उपाय है बस्ती से भाजपा सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि इस राहत पैकेज से जहां एक ओर आर्थिक विकास को बल मिलेगा वहीं दूसरी ओर इससे गरीबों एवं किसानों को आर्थिक मदद मिल सकेगी

सीरो सर्वे में लोगों के ब्लड सीरम की जांच से नोवल कोरोना वायरस की मौजूदगी का पता लगाया जाता है यह चुने हुए जिलों में कम और अधिक जोखिम वाले समूहों का पता लगाने के लिए नियमित जांच के अतिरिक्त जनसंख्या आधारित सर्वेक्षण है इससे देश के किसी भी हिस्से में समुदाय म संक्रमण का प्रसार रोकने में भी मदद मिलेगी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

प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने आज लखनऊ में बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह सुनिश्चित करने को कहा है कि प्रवासी कामगार तथा श्रमिक किसी भी दशा में पैदल न आएं प्रवासी श्रमिकों एवं कामगारों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाय और पैदल पाये जाने पर उन्हें उनके गृह जनपद भेजे जाने के लिये वाहन उपलब्ध करवाये जाएं सभी प्रवासी कामगारों एवं श्रमिकों की स्क्रीनिंग कर उन्हें क्वारंटीन किया जाए अस्वस्थ होने की दशा में इनके उपचार की व्यवस्था की जाए उन्होंने प्रवासी श्रमिकों एवं कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए वृहद कार्ययोजना बनाने के कार्य में तेजी लान के निर्देश भी दिए हैं

श्री अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में अब तक लगभग एक सौ अस्सी लाख कुन्तल गेहूँ की खरीद की जा चुकी है

उन्होंने बताया कि अब तक एक हजार सात सौ उन्सठ मरीज पूरी तरह से उपचारित हो चुके हैं

उन्होंने बताया कि आरोग्य सेतु अलर्ट जनरेट होने पर लोगों को कन्ट्रोल रूम से कॉल किया जा रहा है प्रदेश सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान अगले आदेश तक सरकारी कर्मचारियों के सभी तबादलों पर रोक लगा दी है

केवल विशेष मामलों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अनुमति के बाद ही कोई स्थानान्तरण किया जा सकता है इस बीच राज्य सरकार ने रेलवे से फंसे श्रमिकों को उनके गृह स्थान भेजने के लिए मध्य प्रदेश सीमा पर अंतर्राज्यीय रेल सेवा चलाने का अनुरोध किया है एक रिपोर्ट प्रदेश में पहली बार दो अंतरराज्य ट्रेनें चलाई जा रही है जिसके जरिए झांसी सीमा से पूर्वाचल के विभिन्न जिलों के मजदूर अपने अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं

दूसरे राज्यों से लाखों की संख्या में मजदूरों को सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश लाने के बाद प्रदेश सरकार ने अब दूसरे राज्यों को श्रमिकों को ट्रेन के जरिए उनके राज्य वापस भेजने का काम शुरू कर दिया है

सुशील चन्द्रद तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज शाम अपने फोन इन कार्यक्रम संवाद में लॉकडाउन प्रावधानों पर एक विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि यह फैसला अगले महीने की पहली तारीख से लागू होगा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के करीब दस लाख पुलिस कर्मी इन कैंटीनों का लाभ उठाते हैं

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के पल्मोनरी मेडिसिन विभाग प्रमुख डॉ अनंत मोहन ने हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन या मलेरिया रोधी दवायें बिना डॉक्टर के बताये न लेने को कहा है